उन्होंने गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए सराय और जगजीत पुर में स्थित जल मल शोधन केंद्रों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और तेजी लाने के निर्देश दिये केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि सभी प्लान्ट अत्याधुनिक तकनीक और भविष्य में शहर में बढ़ने वाले सीवरेज और गंदगी को दृष्टीगत रखते हुए उच्च क्षमता के बनाए जा रहे हैं

जगजीतपुर और सराय में बनाए गए एसटीपी केन्द्र के शुरू होने के बाद हरिद्वार में गंगा पूरी तरह प्रद्षण मुक्त होगी किसी भी प्रकार का सिवरेज का पानी और शहर की गंदगी को शोधन के बाद ही गंगा में छोड़ा जाएगा स्लग फीस एक्ट प्राइवेट स्कूलों के मनमाने रवैये पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार जल्द फीस एक्ट लागू करने जा रही है एक्ट के तहत जिस स्कूल में जिस हिसाब से व्यवस्थाए होंगी उसी के हिसाब से स्कूल की फीस तय की जाएगी स्कूलों में व्यवस्था जांचने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिये हैं शिक्षा मंत्री की माने तो जुलाई तक कैबिनेट की बैठक में फीस एक्ट पर मुहर लग जायेगी और अगले शैक्षणिक सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा

साथ ही इन कमेटियों में मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी के द्वारा नामित चार्टेड अकाउंटेड भी शामिल किए जाएंगे स्लग वित्त सचिव वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा है कि स्टाम्प शुल्क के माध्यम से प्राप्त होने वाला राजस्व वर्तमान में भूमि या भवन के पंजीकरण के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है जबकि यह अन्य स्त्रोतों से भी प्राप्त हो सकता हैं यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं वित्त सचिव ने कहा कि राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय संग्रहण प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शी होना जरूरी है इसमें सबसे बड़ी बाधा नियमों के प्रति समझ और जागरूकता का न होना है उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभागों के लिए उचित स्टाम्प का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क के माध्यम से राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो सकें स्लग कुमाऊं मंडल आयुक्त कुमाऊं मंडल आयुक्त राजीव रौतेला ने कहा है कि धोखाधड़ी से भूमि की अवैध खरीद फरोख्त के मामलों पर अंकृश लगाने के लिए सरकार गंभीर है नैनीताल में धोखाधड़ी से जमीनों की खरीद फरोख्त पर अंकृश लगाने के लिए गठित समन्वय समिति की बैठक में कुमाऊं आयुक्त ने भूमि के अवैध खरीद फरोख्त की जांच के लिए गठित एसआईटी को प्राथमिकता से जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ठो चार्ज शीट तैयार करने के निर्देश दिये उन्होंने धोखाधड़ी से भूमि की अवैध खरीद फरोख्त पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग को मिलकर कार्य करने के भी निर्देश दिये स्लग मॉनसून तैयारी चंपावत चम्पावत जिला प्रशासन ने मानसून सीजन के मद्देनजर टनकपुर क्षेत्र से बहने वाली शारदा नदी और नालों के किनारे वाले डेंजर जोनों का चिन्हीकरण करने के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम बनाई है यह टीम नदी और नालों के किनारे भूकटाव वाले स्थानों का चिन्हीकरण करेगी ताकि पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके गौरतलब है कि बारिश के बाद शारदा नदी उफान पर आ जाती है जिससे भारी नुकसान होता है

कुंभ में होने वाले स्थाई कार्यों की जल्द स्वीकृति भी दी जायेगी आज देहरादून में नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक के साथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि सकुशल कुंभ कराने और कार्यों की निरंतर निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी जायेगी उन्होंने कुंभ के दौरान हरिद्वार में भीड़ प्रबंधन के लिए जिलाधिकारी पुलिस और रेलवे के अधिकारियों को समन्वय कर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये इस मौके पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि स्नान पर्वो पर करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं इसलिए मेला क्षेत्र में स्नान घाटों का विस्तार करना बेहद जरूरी है

आग औरभगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिये विशेष कार्ययोजना बनाई जायेगी

शहरी विकास विभाग के सचिव इसके नोडल अधिकारी होंगे इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देश दिये हैं मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कॉलोनियों में जैविक और अजैविक कूड़े का पृथक्कीकरण करते हुए जैविक कूड़े की विकेंद्रित कम्पोस्टिंग सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिये हैं

वर्तमान में केंद्र सरकारक भी जैविक कूड़े के विकेंद्रित प्रसंस्करण पर बल दे रही है केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक एडवाईजरी भी जारी की है जिसमें विकेंद्रित कम्पोस्टिंग की कम लागत की विभिन्न तकनीकों के बारे में बताया गया है

इसी क्रम में कुमाऊं विश्वविद्यालय के एसएस जे परिसर के खेल मैदान में योग शिविर का शुभांरभ किया गया इस योग शिविर में प्रशिक्षुओं ने छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को ध्यान और योगाभ्यास कराया परिसर के योग विभागाध्यक्षडा नवीन चंद्र भट्ट ने कहा कि योग के माध्यम से कमाऊं विश्वविद्यालय समाज और राष्ट्र को जागृत करने का प्रयास कर रही है विश्वविद्यालय की ओर से सौ से अधिक स्थानों पर योग शिविर आयोजित किये जा रहे हैं

गायत्री परिवार से जुड़े लोग हर साल इस आयोजन में भागीदार करते हैं गायत्री परिवार से जुड़े डॉक्टर वी एन जोशी का कहना है कि योग करने से कई बीमारियों से निजात मिलती है आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग जरूरी है स्लग कैलास मानसरोवर विश्व प्रसिद्ध कैलास मानसरोवर यात्रा का पहला दल अल्मोड़ा से अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गया है बुधवार देर रात अल्मोड़ा पहुंचा दल रात्रि विश्राम के बाद सुबह धारचूला की ओर रवाना हुआ

यात्रा दल धारचूला में रात्रि विश्राम करेगा यात्रा दल में दिल्ली राजस्थान बंगाल तेलंगाना महाराष्ट्र हिमांचल प्रदेश सहित कई राज्यो से यात्री सफर कर रहें हैं

इस अवसर पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्वालु गंगा स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं इस मौके पर जगह जगह छबील लगाकर लोगों को शरबत भी वितरित किया गया मंदिरों में भी लोगों की भीड़ लगी हुई है वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये हैं और यातायात रूट में भी बदलाव किया गया है